एक दिन में रिकार्ड साठ हजार से अधिक नमूनों की हुई जांच

तीन सौ अठासी लोगों की हो चुकी है मौत प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं

प्रदेश में कोविड उन्नीस नमूनों की दैनिक जांच क्षमता पचास हजार के आंकड़े को पार कर गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के साठ हजार दो सौ चौवन नमूनों की जांच की गयी एक दिन में अब तक का यह सर्वाधिक आंकड़ा है राज्य में अब तक लगभग आठ लाख नमूनों की जांच हो चुकी है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के तीन हजार चार सौ सोलह नये मामलों की प्रष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर अड़सठ हजार एक सौ अड़तालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक छह सौ तीन मामले पटना जिले से सामने आये हैं कटिहार से दो सौ चौंतीस पूर्वी चंपारण से एक सौ नब्बे वैशाली से एक सौ तिरसठ समस्तीपुर से एक सौ उनतालीस भागलपुर से एक सौ अठाईस मुजफ्फरपुर से एक सौ अठारह रोहतास से एक सौ छह नालंदा से एक सौ दो और सहरसा से एक सौ एक मामले की पुष्टि हुई है सारण से चौरानवे बक्सर और सीवान से बानवे बानवे भोजपुर से नब्बे पश्चिमी चंपारण से नवासी पूर्णिया से अस्सी अररिया और गया से सतहत्तर सतहत्तर तथा मधुबनी से पचहत्तर मामले पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चार सौ पचास लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तैंतालीस हजार आठ सौ बीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमलव तीन प्रतिशत है वहीं एक दिन में उन्नीस लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर तीन सौ अठासी हो गयी है अरवल जिले में आज से सोलह अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय तथा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जिले में कोविड उन्नीस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला किया गया है इधर जिले में पांच मोबाईल वैन के माध्यम से गांव गांव जाकर कोरोना संदिग्धों की जांच की जा रही है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में कोविड मरीजों के लिये एक सौ साठ बेड की और व्यवस्था की जायेगी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इसमें एक सौ बेड आईसीयू के होंगे कटिहार प्रधान डाकघर में आज से कोरोना शॉप काम करने लगा है यहां फेस मास्क हैंड सेनेटाईजर और हैंडवाश समेत कोरोना से बचाव के अन्य सामान भी उपलब्ध रहेंगे अररिया जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आइसोलेशन सेंटर के लिये बेड खरीद में अनियमितता पाये जाने पर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने भुगतान पर रोक लगा दी है इस संबंध में टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गयी है देश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की संख्या आज तेरह लाख को पार कर गई ठीक होने वालों की दर सड़सठ प्रतिशत से अधिक हो गई है मृत्यु दर भी कम होकर दो दशमलव शून्य सात प्रतिशत रह गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश भर में करीब छप्पन हजार लोग कोरोना से संक्रमित हुए इन्हें मिलाकर देश में अब तक करीब उन्नीस लाख चौंसठ हजार लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर चालीस हजार छह सौ निन्यानवे हो गई है भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा उन्होंने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की है

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा कर रखें इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखे और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इर्स्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो कोविड उन्नीस की दूसरी संभावित स्वदेशी वैक्सीन जायकोव डी के पहले चरण का परीक्षण पूरा हो गया है वैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी जायडस कैंडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल ने बताया कि प्रथम चरण के ट्रायल में वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित पायी गयी है उन्होंने बताया कि जिन लोगों पर परीक्षण हुआ उनमें किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं देखे गये उन्होंने बताया कि दूसरे चरण का परीक्षण भी आज से शुरू कर दिया गया है फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने मुंबई गयी बिहार पुलिस की टीम वापस लौट आयी है पटना हवाई अड्डे पर टीम में शामिल अधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मामला सीबीआई के हवाले हो जाने के बाद पुलिस मुख्यालय से वापस लौटने का आदेश मिला था अधिकारियों ने कहा कि बिहार प्रलिस द्वारा की गयी जांच से सीबीआई को मदद मिलेगी इस बीच अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बीएमसी के आयुक्त को पत्र लिखकर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विनय कुमार तिवारी को क्वारेंटीन मुक्त करने का अनुरोध किया है गौरतलब है कि विनय कुमार तिवारी इस मामले की जांच के लिये मुंबई गये थे जहां उन्हें जबरन क्वारेंटीन कर दिया गया है प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है राज्य के सोलह जिलों के एक सौ चौबीस प्रखंडों की ग्यारह सौ पचासी पंचायतों की लगभग सत्तर लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है दरभंगा जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जहां लगभग बीस लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से लगभग पांच लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है इन क्षेत्रों में आठ राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं जहां बारह हजार से अधिक लोग रह रहे हैं वहीं एक हजार चार सौ दो सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन हो रहा है जहां से दस लाख से अधिक लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं बाढ़ प्रभावित जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि सुरक्षा तटबंधों के लगातार टूटने से नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में बागमती नदी पर बना जमींदारी बांध फिर से ट्रट गया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से साउंड बाईट जमींदारी बांध के टूटने से केवटी प्रखंड के कई नये गांव जलमग्न हो गये हैं स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिंडारूच पंचायत की सीमा में बीस दिन में तीन बार बांध क्षतिग्रस्त हुआ है

दरमंगा शहरी क्षेत्रों में भी लगातार पानी बढ़ रहा है जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रमावित हुआ है आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी बाधित हुई है आकाशवाणी समाचार के लिये दरभंगा से मणिकांत झा मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सकरा प्रखंड में कदाने नदी पर बना रिंग बांध टूट गया है साउंड बाईट रिंग बांध के ट्रटने से मेहषी वसंतपुर गौस बेझा सिराजाबाद रहिमपुर और मंडई गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है रहिमपुर गांव में सड़क पर ंतीन फीट तक पानो बह रहा है जिससे आवागमन प्रमावित हुआ है वहीं सकरा में तिरहुत नहर के दूटे तटबंध से अस्सी गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं नहर के पानी से सकरा वाजिदपुर रूपनपट्टी और कटेसर समेत कई पचायते बाढ़ की चपेट में आ गयी है सकरा प्रखंड मुख्यालय के मुख्य सड़क पर दो से तीन फीट तक पानी का बहाव हो रहा है आकाशवाणी समाचार के लिये मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक सीतामढ़ी जिले में अधवारा समूह की नदियों के उफान पर होने से कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है वहीं मधुबनी जिले में अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है हालांकि जिले के बरारी पंचायत के कई गांव अभी भी धौंस नदी के पानी से जलमग्न हैं इधर खगड़िया जिले में कोसी बागमती करेह गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पानी का दबाव बढ़ने से कई स्थानों पर बांधों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है

वहीं बैती नदी पर बने करिहारी तटबंध से पानी का तेज बहाव होने से विमृतिपुर प्रखंड के टमका किशनपुर और मिश्रौलिया गांव के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं जिले के खानपुर प्रखंड के शिवेसिंगपुर रजवाड़ा और नथ्यूट्वार समेत अन्य गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गये हैं समस्तीपुर दरमंगा रेलखंड पर आज चौदहवें दिन भी रेल परिचालन ठप्प है आकाशवाणी समाचार के लिये समस्तीपुर से कृष्ण कुमार पूर्वी चंपारण में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण चकिया में बाराघाट पुल का एप्रोच पथ क्षतिग्रस्त हो गया है जिस कारण वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गयी है पश्चिमी चंपारण जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है गंडक नदी के जलस्तर में कमी होने से लोगों को फिलहाल राहत मिली है हालांकि पानी में कमी आने के बाद महामारी का खतरा उत्पन्न हो गया है कटिहार जिले में कोसी और गंगा नदी में उफान से कर्सेला प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है गंडक बराज से डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सारण जिले में मढौरा मकेर और मशरक प्रखंड के दस गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है सारण तटबंध से सटे जिलों में दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से पानी बढ़ने लगा है बांधों पर अब भी कटाव का खतरा है जिले के लगभग एक सौ चौवन गांव प्री तरह से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं सुपौल सहरसा और मधेपुरा जिले में भी बाढ़ की स्थिति यथावत है वहीं किशनगंज में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है प्रदेश की प्रमूख नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है हालांकि जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा में नदी का जलस्तर लाल निशान से चार मीटर ऊपर बना हुआ है खगड़िया में भी नदी खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी मुजफ्फरपुर के रून्नीसैदपुर में लाल निशान से दो मीटर ऊपर पहुंच गयी है नदी दरभंगा के हायाघाट में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर हैं हालांकि सीतामढ़ी के सोनबरसा में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है कोसी नदी का जलस्तर भी सुपौल खगड़िया और कटिहार में घटा है या फिर स्थिर बना हुआ है अररिया में परमान नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गयी है हालांकि यह खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर नीचे बह रही है पटना के गांधी घाट हाथीदह और मुंगेर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है इन स्थानों पर नदी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गयी है बंगाल की खाड़ी और उसके आस पास निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण मौसम के रूख में तेजी से बदलाव हो रहा है इस बीच पटना गया अरवल रोहतास बक्सर कैमूर सीतामढ़ी जिले के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर बारिश दरभंगा में रिकार्ड की गयी जहानाबाद और बिहपुर में चार सेंटीमीटर जबकि हायाघाट सुपौल रोसड़ा रामनगर और छपरा में तीन तीन सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत नवादा के शेखोदेवरा आश्रम में श्रमिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है खगड़िया जिले में नीति आयोग द्वारा चलाये जा रहे सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की आज से शुरूआत हुई अभियान के तहत बुजुर्गो को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारियां दी जायेंगी

एक दिन में रिकार्ड साठ हजार से अधिक नमूनों की हुई जांच

तीन सौ अठासी लोगों की हो चुकी है मौत प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं